नए दिशा निर्देशों के अन्सार बहृत हल्के हल्के और मामूली लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अन्सार बिना कोविड परीक्षण के छ्ट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए गए बहत हल्के हल्के और पूर्व लक्षण वाले लोगों के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

भारतीय औषध महानियंत्रक ने फाइटोफार्मास्य्टिकल और फेविपिराविर नामक दो औषधियों के परीक्षण की मंजूरी दी है

आज भी कई ट्रेनें प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर पहुंची

ट्रेन में मुख्य रूप से जबलपुर संभाग के अलावा शहडोल तथा रीवा संभाग के मजदूर सवार थे जिन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिले में भेजा गया मजदूरों का थर्मल स्कैनर से रेलवे स्टेशन में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया इसके बाद उन्हें बसों के माध्यम से उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया इसी ट्रेन से औरंगाबाद में हादसे का शिकार हुए शहडोल तथा उमरिया के मृतक मजदूरों तथा घायलों को भी लाया गया है शवों को लाने के लिए ट्रेन में विशेष बोगी लगाई गई थी बाद में उनका उनके गांवों में अंतिम संस्कार कर दिया गया

इस हादसे में घायल ह्ए श्रमिक सज्जन सिंह ने बताया कि सुबह के चार बज गए और सभी को भूख लग रही थी इसलिए वे खाना खाने के बाद रेलवे ट्रैक पर ही सो गए सोलह जन ट्रैक पर सोए थे जबकि शेष चार ट्रैक किनारे सोए हृए थे इसलिए वे ट्रेन की जद में आने से बच गए सज्जन ने बताया कि स्बह लगभग साढ़े पांच बजे एक मालगाड़ी रुकी थी जब वह आगे बढ़ी तो देखा कि ट्रैक पर शव पड़े हुए थे उनके साथी जान गंवा चुके थे यह नजारा देख वह बेहोश हो गये थे सज्जन ने बताया कि इसके बाद उसने ख्द को अस्पताल में पाया

जिला प्रशासन द्वारा इन मजदूरों को विशेष बसों से उनके गृह जिलो के लिए रवाना कराया गया राजनीति कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से लॉकडाउन के दौरान रोजगार के अभाव में अपने घरों को लौट रहे श्रमिकों का सहयोग करने का अन्रोध किया है उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार श्रमिकों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं कर पा रही है

और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है उज्जैन केन्द्रीय दल उज्जैन में कोरोना संक्रमण से मौत का आंकडा सर्वाधिक होने के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जांच दल ने यहां पहंचकर व्यवस्थाओं को जायजा लिया

आधिकारिक जानकारी के अन्सार केंद्रीय दल कल यहां पहुंचा और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज सहित माधवनगर ट्रामा सेंटर पीटीएस की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया वही भोपाल के अखिल भारतीय आय्र्विज्ञान संस्थान द्वारा गठित दल भी यहां पहंचा और स्थितियों को जायजा लिया उधर उज्जैन की केन्द्रीय भैरवगढ जेल में कैदियो के परिजनों से मिलने पर आगामी इस माह के अंत तक प्रतिबंध लगा दिया गया है

सतना जिले में आज एक और कोरोना मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की संख्या दो हो गयी जिसमें से एक की मृत्यु हो गयी है

उधर शिवप्री जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आज प्लिस प्रशासन ने बाहर से आने वाले ट्रक चालक और उनके स्टाफ का स्वास्थ्य परीक्षण कराया

अच्छी खबर हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल स्निए जबलप्र के उन फरिश्तों की कहानी जो कोरोना से मरने वालों का भी आगे बढ़कर कर रहे है अंतिम संस्कार अच्छी खबर का प्रसारण हर रविवार को किया जाता है जिसमें उन खबरों को शामिल किया जाता है जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में सहायक है मौसम प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम में बदलाव आ गया है राजधानी भोपाल में शाम होते होते तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम केंद्र भोपाल के अन्सार कल भी होशंगाबाद ब्रहानप्र खंडवा और नीमच सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है वही दोपहर से सिवनी में तेज हवा के साथ बारिश होने से विक्रय केंद्रो में रखा गेहूं गीला हो गया

्र मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र अयोध्या बस्ती से लापता तीनों बच्चों के शव आज तालाब से बरामद कर लिए गए ् शिवप्री जिले के अमोला थाना क्षेत्र में आज तड़के मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक से ह्यी भिडंत में बीस मजदूर घायल हो गए शहडोल जिले में बोर्ड परीक्षाओं की कापियों के मूल्यांकन का काम जारी है